प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में बड़े अस्पतालों का नेटर्वक किस तेजी से बिछा रही है

श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य चाहे गरीब का हो या फिर मध्यम वर्ग के परिवार का सरकार व्यापक रूप से प्रयास कर रही है कि सभी को वक्त पर मुफ्त इलाज मिल सकें कार्यक्रम में देश भर से आई महिला सरपंचों को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उल्लेखनीय योगदान के लिये सम्मानित भी किया युवा स्वाभिमान योजना मनरेगा की तर्ज पर शहरी युवाओं को रोजगाार देने के लिये शुरू की गई युवा स्वाभिमान योजना में आज से पंजीयन शुरू हो गये हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गणतंत्र के अवसर पर योजना की घोषणा की थी जिसे हाल में मंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई

योजना के तहत दो लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार युवा पात्र होंगे

इस दौरान उन्हें चार हजार रूपये प्रति माह स्टाईपैंड दिया जायेगा

वन मंत्री श्री सिंघार ने बताया कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों के तेंदूपत्ता संग्राहक ई पेंमेंट सिस्टम से बहुत परेशान थे अब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहले से ही गाँव में जाकर संग्राहकों को भुगतान के लिए निर्धारित दिन और समय की सूचना देंगे निर्धारित समय पर नोडल ऑफीसर वहाँ जाकर उन्हें नगद भुगतान करेंगे भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज से प्रदेश में मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान की श्रुआत हई

अभियान के तहत सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में पार्टी का झण्डा फहरायेंगे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान के प्रभारी रामेश्वर शर्मा बताया कि इस अभियान की विधिवत शुरूआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अहमदाबाद से की श्री शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों ने अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायपीठ जबलपुर सहित इंदौर ग्वालियर पीठों सहित न्यायालयों में कोई भी कार्य नहीं हुआ इसके साथ ही अदालतें सूनी पड़ी रहीं जिला तहसील मुख्यालयों में प्रदेश के लगभग एक लाख अधिवक्ताओं ने विरोध रैलियां निकाली इस दौरान वकीलों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपें वकीलों की हड़ताल की वजह से पद्वाकारों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा नर्मदा जयंती प्रदेश में आज नर्मदा जयंती पारंपरिक श्रद्धाभाव के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ कुछ देर बाद खरगौन जिले के मण्डलेश्वर नर्मदा घाट में नदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगी माँ नर्मदा आरती और नर्मदाष्टक से आरंभ होने वाले इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल और गायन मण्डलियाँ भक्ति संगीत प्रस्तुत करेंगी होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नर्मदा जयंती के अवसर पर सुबह से नर्मदों तटों और घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं यहां कल शुरू हुआ दो दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव महाआरती और भजन संध्या के साथ समाप्त हो जायेगा शहर के संठानी घाट स्थित नर्मदा मंदिर में श्रद्वालु मां नर्मदा का जन्मोत्सव मना रहे हैं इस दौरान जगह जगह भंडारे भी आयोजित किये गये हैं उधर जबलपुर में नर्मदा जयंती पर शहर में कई जगह मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित की गई है नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा मां नर्मदा की महाआरती की जायेगी वहीं खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में श्रद्वा और उत्साह के साथ नर्मदा जयंती ध्रमधाम से मनाई जा रही है यहां एक लाख से अधिक श्रद्वालुओं ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की डिंडौरी में भी सुबह से ही श्रद्वालू नर्मदा तटों पर स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं नरसिंहपुर मंडला सहित विभिन्न जगहों से नर्मदा जयंती मनाये जाने के समाचार मिलें हैं

यह अवार्ड भारत सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी के स्टॉफ को बधाई दी है

वहीं उज्जैन को बेस्ट डिजिटल पेमेंट इनोवेटर और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट सिटी फोकसिंग ऑन डिजिटल पेमेंट्स केटेगरी में भी अवार्ड के लिये चयनित किया गया है

शहडोल सांसद ज्ञान सिंह ने रेल मंत्री पियूष गोयल को पत्र लिखकर रेलवे के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और अद्रदर्शिता वाला बताया है श्री सिंह ने बिलासुपर रेल मण्डल के जीएम से फोन पर बात कर कई ट्रेनों को अनूपपुर जंक्शन तक चलाने का सुझाव दिया है इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी रेलवे प्रशासन को पत्र लिख कर कुछ ट्रेनों को चलाने का अनुरोध किया है गौरतलब है कि दक्षिण पूर्ण मध्य रेल बिलासपुर मण्डल के बिलासपुर अनूपपुर रेलखण्ड पर रेल लाईन दोहरीकरण का काम चल रहा है इस वजह से बिलासुपर भोपाल के रास्ते जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस लखनऊ गरीब रथ सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस हमसफर एक्सप्रेस दुर्ग जम्मुतवी सहित कई ट्रेनों को रद्द किया गया है अपहरण सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र में आज स्कूल की बस को रोक कर अज्ञात बदमाशों ने दो भाइयों का अपहरण कर लिया

दोनो छात्र चित्रकूट के एक तेल व्यापारी के बेटे बताए जा रहे हैं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि सर्चिंग जारी है पुलिस नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है मौसम प्रदेश में पिछले चार दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को आज थोड़ी राहत मिली है जहां दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में रात का तापमान अभी भी दस डिग्री से कम बना हुआ है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि तापमान में हुई वृद्धि से लोगों ने राहत महसूस की है प्रदेश में बीती रात सबसे कम तापमान खजुराहो में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने हवाओं रूख दक्षिणी होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान बताया है

यहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं

बैठक में प्रभारी मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जय किसान ऋण माफी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई